मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराना सरकार की प्राथमिकता सिमडेगा में पुलिस की एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने हैदराबाद से तेरह लड़कियों को कराया मुक्त एक मानव तस्कर गिरफ्तार मौसम का बदला मिजाज राज्य के कई इलाकों में आज सुबह से हो रही बारिष मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और वजपात की भी जताई संभावना देश में कोरोनावायरस के इक्कासी मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने आज इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस से किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है इसके लिए राज्य आपदा राहत कोष से मदद दी जाएगी कोरोना संबंधी राहत कार्यों में शामिल व्यक्तियों को भी मुआवजे के दायरे में रखा गया है तेरह राज्यों में संक्रमण फैल चुका है कोरोना वायरस के प्रसार बचाव और रोकथाम के लिए राजधानी रांची के रिम्स स्थित ट्रॉमा केन्द्र स्थित सभागार में एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया इस आयोजन का मुख्य उददेश्य राज्य के सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक और प्रखंड स्तर के अधिकारी तथा निजी अस्पताल के प्रतिनिधि और अन्य पदाधिकारियों को बचाव और रोकथाम संबंधी जानकारी प्रदान करना था सभी पदाधिकारी प्रशिक्षण लेने के बाद जिला और प्रखंड स्तर तक काम कर रहे स्वास्थ्य पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे कोरोना वायरस के संकमण को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक स्थगित कर दी गयी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कर निर्बाध बिजली जनता को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए टाटा पावर आधुनिक तकनीक से बिजली व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए अपनी अहम भूमिका निभाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास में आज टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक प्रवीर सिन्हा ने भेंटवार्ता की हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार की कार्यशैली के कारण हजारीबाग सहित सात जिलों में बिजली आपूर्ति में समस्या है

सिमडेगा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना की पुलिस ने एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है हैदराबाद से तेरह लड़कियों को रेस्क्यू कर वापस लाया गया है एसपी संजीव कुमार ने बताया कि लाई गई लड़कियों में सिमडेगा के अलावा साहेबगंज पाकुड़ गिरिडीह और खूंटी जिले की लड़कियां शामिल हैं पलामू में भूमि धारकों के लिए जिला प्रषासन झारभूमि पोर्टल में खतियान और पंजी ट्र की खामियों के सुधार के लिए षिविर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है

पहला चरण इस वर्ष एक अप्रैल से तीस सितंबर तक चलेगा दूसरा चरण अगले वर्ष नौ फरवरी से अठाइस फरवरी तक प्ररे देश में एक साथ चलेगा जनगणना नागरिकों से संबंधित विविध प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत्र है राजधानी रांची गुमला गिरिडीह हजारीबाग बोकारो और साहेबगंज समेत राज्य के कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिष हो रही है मौसम विज्ञान विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिष के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है विभाग के मुताबिक बीस मार्च तक मौसम में उतार चढाव का दौर जारी रहेगा कल से जहां आसमान साफ होने की उम्मीद है वही उन्नीस मार्च से फिर राज्य में बारिष होने की उम्मीदें हैं बेमौसम की इस बारिष से फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है संक्षिप्त खबरें जामताड़ा जिले के नाला कुंडहित नारायणपुर जामताड़ा फतेहपुर एवं करमांटाड़ प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण पखवाडा के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर गर्भवती एवं धात्री माताओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है वहीं रामगढ़ में आज लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया गया लातेहार में जिला पुलिस ने अपराधियों के विरूद्व जारी छापेमारी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र से गैंगस्टर अमन साह और सुजित सिन्हा गिरोह के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है बोकारो में दो नाबालिग समेत तीन अपराधियों की बाईक चारी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है